मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में कम से कम समय अवधि में तत्परता से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने पर बल दिया गया बैठक में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से संवेदनशील समुहों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड महामारी से बचाव में उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वृहद प्रचार प्रसार अभियान आरम्भ करने को भी कहा सरकार ने आम जनता से विवाह जैसे सामाजिक समारोहों के दौरान सभी कोविड बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज से चंबा जिला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे चंबा व भटियात विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे

इनमें सात मौतें शिमला जिला में हुई हैं पशुपालन पश्पालन विभाग की चार सदस्यीय टीम इन दिनों उत्तराखंड राज्य के दौरे पर है पश्पालन विभाग के संयुक्त निदेशक अविनाश शर्मा के नेतृत्व में ये टीम भेड़ व ऊन विकास बोर्ड उत्तराखंड के अंतर्गत बनी समितियों तथा भेड़ पालकों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद द्वारा चलाई जा रही परियोजना का अध्ययन करेगी ताकि हिमाचल में भी भेड़ व ऊन क्षेत्र का विकास करने के लिए ऐसी गतिविधियों को लागू किया जा सके अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिमाचल दस्तक के मुताबिक एचपीयू के अलावा सभी शिक्षण संस्थान फिर बंद अमर उजाला का कहना है धर्मशाला में विधानसभा का शीत सत्र सात से वाहनों का टोकन टैक्स पंजीकरण शुल्क घटाया

अजीत समाचार के शब्द हैं विभिन्न वाहनों से लिए जा रहे टोकन टैक्स में हुई कटौती

हिमाचल दस्तक को एक खबर है पंचायती राज चुनावों को कोड ऑफ कंडक्ट जारी चुनाव प्रचार में पॉलीथिन सामग्री पर रहेगा प्रतिबंध नए बिजली कनेक्शनों पर पुरानी सिक्योरिटी ही लेने की तैयारी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है ऊर्जा मंत्री बोले पुराने रेट बहाल होंगे नए लागू न करने को हाईकोर्ट से लेंगे स्टे

नमस्कार